मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल धर्मशाला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में रैली के आयोजन के संबंध में चर्चा की गई मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मशाला में आने के कार्यक्रम के अलावा केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाने पर भी विचार विर्मश किया इसके अलावा पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में केसीसी बैंक भर्ती की अनमियमिताओं पर भी चर्चा की गई

इस अवसर पर राष्ट्र आज शहीदों को भावभीनी श्रद्धाजंलि दे रहा है इधर शहीद स्मार्क धर्मशाला में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और शहीदों को श्रद्वा सुमन अर्पित किए जाएंगे शहीद स्मार्क समिति के अध्यक्ष कर्नल केके एस डढवाल ने बताया कि इस दौरान सैन्य बलों द्वारा शहीद स्मार्क में सशस्त्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी

चंबा में गुज्जर कल्याण सभा के एक सम्मेलन में अध्यक्ष हसनदीन ने बताया कि इस अधिनियम के जमीनी स्तर पर लागू होने से समुदाय के लोग लाभान्वित होंगे इस दौरान युवाओं को नशे जैसी बुराई से दूर रखने और समुदाय के उत्थान के बारे में भी विचार विर्मश किया गया

बोर्ड के सचिव हरीश गज्जू ने ये जानकारी दी अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन से जुड़ी ख़बर को प्रमुखता दी है

दैनिक भास्कर लिखता है स्कॉलरशिप घोटाले पर कांग्रेस का वॉकआउट सीबीआई जांच के लिए तीन दिन में रिपोर्ट केंद्र को भेजेंगे मुख्यमंत्री दैनिक जागरण के शब्द हैं अब साल भर तप करेगा वन तीखें रहें विपक्ष के तेवर जबाव देने में सत्तापक्ष भी नहीं रहा पीछे हिमाचल दस्तक लिखता है तपोवन से और तपकर निकले जयराम विपक्ष के आक्रमक तेवरों के बीच परिपवक्ता से निकला काम जबकि आपका फैसला के शब्द हैं धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की धर्मशाला में प्रस्तावित रैली की ख़बर को दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है मोदी की रैली को सफल बनाएंगे मंत्री विधायक

पंजाब केसरी लिखता है सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को रैली में बुलाएगी प्रदेश सरकार

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंजनी पाटिल के हवाले से पंजाब केसरी लिखता है किसी भी नेता को किसी को प्रत्याशी घोषित करने का अधिकार नहीं

अब एक नजर संपादकीय पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय सही हो व्यवस्था में लिखता है सरकारी स्कूलों में ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास में तेजी लानी होगी ताकि बेहतर शिक्षा देने के सपने को साकार किया जा सके